श्री जावडेकर आज अजमेर जिले के किशनगढ में शक्ति केन्द्र प्रभारी सम्मेलन के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने उम्मीद जताई कि लोकसभा चुनाव में भाजपा तीन सौ से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी श्री जावडेकर ने प्रदेश में कांग्रेस की सौ दिन पुरानी सरकार को संवेदनहीन सरकार करार देते हुए कहा कि उन्हें जनता की दुख तकलीफों से कोई लेना देना नहीं है

आज जयपुर में पार्टी कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मोदी सरकार में कोई भी कालेधन और रोजगार पर बात नहीं कर रहा है और वो केवल राष्ट्रवाद हिन्दुत्व ध्रवीकरण कर दूसरी बार चुनाव जीतना चाहते हैं

कांग्रेस नेता घनश्याम तिवाड़ी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर पार्टी के घोषणा पत्र की सोशियल ऑडिट करवाएगी

इसके मद्देनजर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है उन्होंने मतदान कोन्द्रों पर लम्बी कतारों की स्थिति में कतार के रास्ते तथा मतदाताओं के लिए बैठने के स्थान पर छाया की व्यवस्था किए जाने के निर्देश भी दिए हैं

टॉक जिले के टोडारायसिंह उपखंड में छात्र छात्राओं ने रंगोली सजाकर मतदान करने का संदेश दिया गया

नागौर जिले के क्वेरा में मतदान जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया

खींवसर के लूणावास गांव के एक कुमकार मटकों पर मतदान अवश्य करने का संदेश लिखकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कोटा में जिला निर्वाचन विभाग की नई पहले के तहत मतदाताओं को जागरूक करने में रेल कर्मचारी सहयोग करेंगे इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल ने आज कोटा स्टेशन से स्वीप ट्रेन को रवाना किया ट्रेन के हर कोच में लोककसभा चुनाव में मतदान के लिए मतदाताओं को प्रेरित करने वाले पोस्टर बैनर लगाए गए हैं

जनरल डायर ने इस दिन राष्ट्रीय नेताओं सत्यपाल और शेफ़्दिन खिचलू की गिरफ्तारी का शांतिपूर्वक ढंग से विरोध कर रहे हजारों लोगों पर गोली चलवा दी थी आज भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त डोमीनिट अर्थकुईक ने जलियावाला बाग में पहुंचकर वहां रखी पुस्तिका में लिखित संदेश में ब्रिटिश भारत के इतिहास के इस कांड को शर्मनाक बताया और इसके लिए खेद भी जताया

श्री नायडू ने जलियांवाला बाग में आयोजित श्रद्वांजजि कार्यक्रम में स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश इन शहीदों का बलिदान कभी भुला नहीं पायेगा उन्होंने कहा कि यह बलिदान हमें ऐसे सुदृढ़ भारत के निर्माण के लिए और अधिक परिश्रम करने की प्रेरणा देता है जिस पर गर्व किया जा सके इस मौके पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिन्दी और अंग्रेजी में एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा यह कार्यक्रम आज शाम सात बजकर दस मिनट से एफएम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है

झालावाड जिले के असनावर के पास रातादेवी धाम भवानी मण्डी के निकट द्वधाखेडी माताजी और मिश्रोली की अन्नपूर्णा माता मंदिरों में विशेष सजावट की गई है कुछ जगह कन्या भोजन तो कहीं भंडारों का आयोजन किया जा रहा है

उधर करौली जिले के कैला देवी में चल रहे मेले में भी श्रद्वालुओं की भीड़ लगी हुई है

सवाईमाधोपुर जिले के चौथ के बरवाडा स्थित चौथ माता मंदिर में भी श्रद्वालुओं की भारी भीड है